बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संदेश कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

उनके पुत्र चिराग पासवान ने उन्हें मुखाग्नि दी रामविलास पासवान का गुरूवार को लम्बी बीमारी के बाद दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था अंतिम संस्कार स्थल पर थलसेना नौसेना और वायुसेना के जवानों ने दिवंगत नेता को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया बिहार पुलिस ने भी उन्हें सलामी दी इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी केद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद नित्यानंद राय अश्विनी कुमार चौबे गिरिराज सिंह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे लोक जनशक्ति पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने अपने नेता को अश्रुपूर्ण विदाई दी इससे पहले मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दिवंगत नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी रामविलास पासवान की अंतिम यात्रा में काफी संख्या में लोग शामिल हुये इस दौरान लोग रामविलास पासवान अमर रहें के नारे लगा रहे थे अट्ठाईस अक्टूबर को होने वाले प्रथम चरण के मतदान के लिए इकहत्तर विधानसभा सीटों के लिए एक हजार नब्बे प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध पाये गये हैं चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस चरण के लिए एक हजार तीन सौ चौवन उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था जिसमें दो सौ चौंसठ नामांकन पर्चे सही नहीं पाये गये पहले चरण के लिए नाम वापसी की अंतिम तिथि बारह अक्टूबर निर्धारित है इधर दूसरे चरण के लिए अब तक आठ प्रत्याशियों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है इस चरण के लिए नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि सोलह अक्टूबर है राज्य सरकार ने आगामी विधानसभा चूनाव और वाल्मीकिनगर लोकसभा सभा उपचुनाव के दौरान बंद स्थानों पर राजनीतिक सभाओं और कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर खुले स्थानों पर सभाओं के आयोजन के बारे में मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है इसके अनुसार बंद स्थानों पर लोगों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए बैठने के सिर्फ पचास प्रतिशत स्थानों का ही उपयोग किया जा सकेगा और ऐसी जगहों पर अधिकतम दो सौ लोग ही एकत्र हो सकेंगे मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री मनोज कुमार कुशवाहा ने पार्टी द्वारा आवंटित सिम्बल को वापस कर दिया है उन्होंने कहा कि इसकी सूचना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे दी गयी है श्री कुशवाहा कुढ़नी सीट भाजपा के खाते में जाने से नाराज चल रहे हैं वे पहले दो बार कुढ़नी से ही विधायक रह चुके थे पार्टी ने उन्हें इस बार मीनाप्रर से टिकट दिया था इस बीच जदयू ने पार्टी नेता मनोज कुमार को मीनापुर से उम्मीदवार बनाया है इधर शिवहर के राजद जिलाध्यक्ष ठाकुर धर्मेद्र सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के टिकट पर बेलसंड विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे भाजपा की केन्द्रीय चुनाव समिति की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है जिसमें द्रसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम तय किये जायेंगे बैठक में भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फडणवीस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पार्टी के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय और सुशील कुमार मोदी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल ने तीसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए पार्टी उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है पार्टी ने सरायरंजन से अरविंद कुमार सहनी को गायघाट से निरंजन राय नरपतगंज से अनिल कुमार यादव निर्मली से यदुवंश यादव और सुरसंड से अब्बू दोजाना को टिकट दिया है पार्टी ने रितु जायसवाल को परिहार से चेतन आनंद को शिवहर से मुकेश यादव को बाजपट्टी से ओम प्रकाश सहनी को मोतिहारी से और फैजल रहमान को ढाका से उम्मीदवार बनाया है बिहार विधानसभा चूनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है इसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड़डा कल गया के गांधी मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसी बड़े नेता की यह पहली रैली होगी रैली के संदर्भ में कोविड उन्नीस को लेकर चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मापडंदों का पालन किया जायेगा शिवहर जिले में चुनाव को लेकर चार कम्पनी केन्द्रीय अर्द्वसैनिक बल को प्रतिनियुक्त किया गया है पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि कोन्द्रीय अर्द्वसैनिक बल और जिला पुलिस ने संवेनशील इलाकों में संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया उन्होंने कहा कि तलाशी अभियान के दौरान पांच लाख तीस हजार से अधिक की राशि बरामद की गयी है इसके साथ ही आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले दर्ज किये गये हैं भोजपूर जिले के चरपोखरी में वाहन चेकिंग के दौरान पूलिस ने एक वाहन से बीस लाख रूपये नकद बरामद किये हैं मौके से दो लोगों को हिरासत में लिया गया है मुजफ्फरपुर के एस एस पी जयंत कुमार ने कहा है कि चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की आशंका को देखते हुये दो सौ लोगों के खिलाफ सीसीए के तहत कार्रवाई की जा रही है बक्सर जिले के पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार सिंह ने कहा है कि पांच हजार से अधिक लोगों के खिलाफ एक सौ सात की नोटिस भेज गयी है दरभंगा जिले में वाहनों के सघन तलाशी अभियान के दौरान अब तक एक करोड़ नब्बे लाख रूपये की बरामदगी की गयी है जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक लगभग अठारह हजार लीटर शराब भी जब्त की गयी है भयमुक्त और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव को लेकर गया जिले के बांके बाजार और रौशनगंज थाने की पुलिस ने सीआरपीएफ के जवानों के साथ जंगली इलाकों में फ्लैग मार्च किया प्रदेश में अब तक एक लाख तिरासी हजार सात कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर तिरानवे दशमलव आठ सात प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि एक दिन में एक हजार दो सौ छब्बीस रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी वहीं इसी अवधि में दस मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर नौ सौ चौवालीस हो गयी है दूसरी तरफ आज कोविड उन्नीस के एक हजार एक सौ चालीस नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख चौरानवे हजार छह सौ छियासठ हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार आज सबसे अधिक पटना में दो सौ पचपन नये मामलों की पुष्टि हुई है सहरसा से उनहत्तर पूर्णिया से अंठावन मुजफ्फरपुर से पचास और नालंदा से चालीस पॉजिटिव मामले आये हैं इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बारह हजार दो सौ पचास है कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड में विधानसभा चूनाव कराने के लिए बाहर से आए बीएसएफ के चौबीस जवान कोरोना संक्रमित पाए गए है जांच रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक कार्यालय और बीएसएफ कमांडेंट को भेज दी गयी है जिले के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बीएसएफ जवान के संपर्क में आए सभी पुलिस जवानों और अधिकारियों को कोरोना जांच कराने का निर्देश दिया है देश में कोविड उन्नीस महामारी से स्वस्थ होने की दर पचासी दशमलव आठ एक प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में बयासी हजार से अधिक रोगी महामारी से स्वस्थ हुए हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक उनसठ लाख अट्ठासी हजार से अधिक रोगी कोविड उन्नीस से संक्रमण मुक्त हुए हैं वहीं इसी अवधि में तिहत्तर हजार दो सौ बहत्तर नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या उनहत्तर लाख उनासी हजार हो गयी है एक दिन में नौ सौ छब्बीस मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक लाख सात हजार चार सौ सोलह हो गया है नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान के कोविड केन्द्र के प्रभारी डॉक्टर राजेश मल्होत्रा ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में बताए गए तीन कदमों का पालन करने की अपील की है

आने वाले कुछ दिनों में प्रदूषण शीत ऋतु और त्यौहारों का समय कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे सकता है ऐसे में मास्क वाला त्यौहार मनाए पटाखे न जलाएं पूजा अर्चना घर पर ही करे त्यौहारों पर सतत् शारीरिक दूरी बनाकर रखें और हाथों को सर्वदा सेनिटाइजर के प्रयोग से स्वच्छ रखें याद रहे कोरोना से सामान्य जनजीवन और प्रत्येक नागरिक प्रभावित है और इस जनआंदोलन में सबकी सहभागिता से ही हम सब कोरोना को भारत से खदेड़ सकते हैं पटना के समाज सेवी और रक्त दान को लेकर जागरूकता अभियान चलाने वाले मुकेश हिसारिया ने कोरोना से बचाव को लेकर तीन आवश्यक बातों पर अमल करने की लोगों से अपील की है

गृह मंत्रालय के परामर्श में कहा गया है कि पुलिस द्वारा निर्धारित नियमों का पालन न कर पाना देश की न्याय प्रणाली के लिए अच्छा नहीं है परामर्श के अनुसार किसी भी संज्ञेय अपराध में दण्ड प्रक्रिया संहिता सी आरपीसी के तहत अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र से बाहर हुए किसी अपराध के सिलसिले में जीरो एफआईआर दायर करने का भी अधिकार है परामर्श में कहा गया है कि महिलाओं से यौन दुष्कर्म सहित किसी भी संज्ञेय अपराध के होने की सूचना मिलने पर पूलिस के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना आवश्यक है केन्द्र सरकार ने वित्त वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस के लिये वार्षिक वस्तु और सेवाकर जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इक्तीस अक्तूबर कर दी है पहले यह तारीख तीस सितम्बर तक थी जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान एसएसबी के जवानों ने कट्टर नक्सली अरविंद दा को उसके दो सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया है मौके से हथियार भी बरामद किये गये हैं वैशाली जिले के कटहरा पुलिस आउट पोस्ट क्षेत्र से पुलिस ने एक सौ बीस कार्टन विदेशी शराब बरामद की है इधर शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र के मुरारपुर गांव में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर नब्बे लीटर देशी शराब के साथ शराब बनाने के उपकरण जब्त किये हैं दूसरी तरफ गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग की टीम ने नौ कार्टन शराब जब्त की वैशाली जिले के गोरौल थाना क्षेत्र अन्तर्गत राजकीय उच्च विद्यालय के पास से पुलिस ने एक तस्कर को बाईस किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है वहीं कटिहार रेलवे स्टेशन पर चलाये जा रहे तलाशी अभियान के दौरान अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन से रेल पुलिस ने दस किलो गांजा बरामद किया है बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पुलिस ने लूट की योजना बना रहे चार अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है नालंदा जिले के सोहसराय राजगीर गिरियक और हिलसा थाना क्षेत्रों में अलग अलग हादसों में चार लोगों की मौत हो गयी भागलपुर जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र अन्तर्गत जाह्नवी चौक के पास दो ट्रकों के बीच हुई टक्कर में चालक और खलासी की मौत हो गयी पश्चिम चंपारण जिले के सेमरा थाना क्षेत्र के बिनवलिया गांव से पुलिस ने एक मकान से एक अवैध देसी बंदूक और कारतूस के साथ गृहस्वामी को गिरफ्तार किया